मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा प्रदेश सरकार राज्य में पारम्परिक उद्योगों और स्वदेशी कौशल को कर रही प्रोत्साहित तेईसवें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आज लखनऊ में होगा शुभारम्म देशभर से करीब नौ हजार युवा लेंगे भाग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा राष्ट्रीय नागरिकता कानून से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई खतरा नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को विश्व का प्रमुख धरोहर पर्यटन केंद्र बनना चाहिए कल शाम कोलकाता में प्रतिष्ठित ओल्ड करेंसी बिल्डिंग में एक प्रतिमा का अनावरण करते हुए प्रबानमंत्री ने कहा कि केंद्र भारतीय धरोहर संस्थान स्थापित करने की योजना बना रहा है जिसके लिए कोलकाता में विश्व के सबसे प्राचीन संग्रहालयों में से एक भारतीय संग्रहालय में काम शुरू होगा परम्परा और पर्यटन ये दो ऐसे विषय हैं जिनका हमारी हेरिटेज से और हमारे इमोशन से हमारी पहचान से सीधा कनेक्ट है केन्द्र सरकार का ये प्रयास है कि भारत के सांस्कृतिक सामार्थय को दुनिया के सामने नये रंग रूप में रखे ताकि भारत दुनिया में हेरिटेज द्ररिज्म का बड़ा सेंटर बनकर के उमरे प्रधानमंत्री ने कोलकाता के चार प्रसिद्ध भवन जीर्णोद्वार के बाद राष्ट्र को समर्पित किए ये हैं ओल्ड करेंसी बिल्डिंग बेलवेडेर हाउस विक्टोरिया मैमोरियल हॉल और मेटकाफ हाउस उन्हॉने कहा कि सरकार ने देश के पांच संग्रहालयों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण की योजना बनाई है प्रघानमंत्री ने कहा कि बंगाल की संस्कृति और घरोहर अत्यंत समृद्ध है और संस्कृति ही हमें जोड़कर रखती है श्री मोदी ने कहा कि हम दो हजार बाईस में ईरवर्खंद विद्यासागर की दो सौवीं जयन्ती मनाएंगे उसी वर्ष भारत अपनी स्वतंत्रता की पचहत्तरवीं वर्षगांठ भी मनाएगा देशमर के विद्यार्थी शिक्षक और अभिमावक परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बीस जनवरी को इस लोकप्रिय कार्यक्रम में विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे यह कार्यक्रम नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया जायेगा देश भर के दो हजार से अधिक विद्यार्थी शिक्षक और अभिभावक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे प्रवानमंत्री सवालों के जवाब देंगे और कुछ चुनिंदा विद्यार्थियों से बातचीत करेंगे इस कार्यक्रम में परीक्षा का तनाव कम करने के उपायों पर चर्चा होगी आकाशवाणी से बातचीत में केंद्रीय विद्यालय कानपुर की छात्रा श्रद्वा यादव ने बताया कि पिछले वर्ष उन्होंने प्रधानमंत्री से एक प्रश्न पूछा था जिसके जवाब से वह बहुत प्रमावित हुई थीं कोई कुछ कह रहा होता है राइद तो वो चीज हमें बहत ज्यादा मजे से सुनते हैं हम तो वैसे ही हमें पढ़ाई स्टडी की तरफ भी उतना ही ध्यान देना चाहिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में पारम्परिक उद्योगों और स्वदेशी कौशल को बढ़ावा दे रही है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का उद्देश्य परंपरागत उद्दोगों को प्रोत्साहित कर उन्हें संबर्धन प्रदान करना है श्री योगी कल लखनऊ में हुनर हाट के उदघाटन के बाद लोगों को संबोषित कर रहे थे उन्होंने कहा कि प्रवानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक उद्योगों को विभिन्न प्रकार की सुक्यिएं देकर उन्हें सुदृढ़ बनाने हेत मंच प्रदान किया है मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व की सरकारों ने प्रदेश में पारंपरिक उद्योगों और एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाओं की हमेशा उपेक्षा की पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों के स्वदेशी हुनर को बाजारों की जरूरत के हिसाब से तराशने और प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय देश भर में हुनर हाट का आयोजन कर रहा है इस अवसर पर अपने संबोधन में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अव्वास नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हुनर हाट के माध्यम से देश में पारंपरिक दस्तकारों और शिल्पकारों को बाजार तक पहुंच के अवसर प्रदान कर रहा है उन्होंने कहा कि लखनऊ में आयोजित हुनर हाट में तेईस राज्यों से दस्तकार और शिल्पकार अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने आए हैं उन्होंने बताया कि देश भर में अब तक सोलह हुनर हाट का आयोजन किया गया है राष्ट्र आज स्वामी विवेकानन्द की जयंती मना रहा है भारत के महान आध्यात्मिक गुरूओं में से एक स्वामी विवेकानन्द ने वेदांत और यूग के भारतीय दर्शन से विश्व को अबगत कराया वे शिकागो में अट्ठारह सौ तिरान्नो में विश्व धर्म संसद में अपने प्रसिद्व भाषण के बाद पश्चिमी देशों में लोकप्रिय हो गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारतीय संस्कृति को समृद्व बनाने में स्वामी विवेकानन्द के योगदान के लिए उनका स्मरण किया है तेईसवां राष्ट्रीय युवा उत्सव आज लखनऊ में युरू होगा केन्द्रीय युवा और खेल मंत्री किरन रिजजू और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वामी विवेकानन्द की जयंती पर पांच दिन के इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून से किसी भी भारतीय नागरिक को कोई खतरा नहीं है उन्होंने विपक्षी दलों पर कानून के बारे में लोगों के बीच भ्रम फैलाने और दुष्पचार करने का आरोप लगाया श्री मौर्य कल मैनपुरी में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के शांति मार्च में भाग लेने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे श्री मौर्य आज अलीगढ़ में कानून के समर्थन में एक जनसमा को संबोषित करेंगे नागरिकता संशोधन कानून के बारे में लोगों को तथ्यों से अक्गत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश भर में जनसंपर्क अभियान चला रही है इसी कम में पार्टी के नेता और मंत्री प्रदेश के विभिन्न ज़िलों में रैलियां तिरंगा यात्राएं और शांति मार्च कर रहे हैं चंदौली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने केन्द्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर महेन्द्रनाथ पांडेय के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली बाद में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर पाण्डेय ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को गलत ठहराते हुए कहा है कि इस कानून का उद्देश्य किसी की नागरिकता छीनना नहीं है बल्कि पड़ोसी देशों में धामिंक आयार पर प्रताड़ित अल्यसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करना है जौनपुर में प्रदेश के विधि और न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने लोकजागरण मंच के तत्वावधान में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया फिरोजाबाद में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रसाद ने रैली निकालकर कानून के बारे में लोगों को तथ्यों से अवगत कराया पीलीमीत में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जनसमा को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन कानून आने से जनपद के सैंतीस हजार के अविक बांग्लादेशी शरणार्थियों को नागरिकता मिलेगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त होगा तीन दिनों तक चलने वाले गोरखपुर महोत्सव का कल सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ शुमारंग हुआ गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित महोत्सव में कला संस्कृति लोक परंपराओं के साथ साथ युवाओं के लिए खेल मनोरंजन आदि के भी प्रबंध किए गए हैं प्रदेश के पर्यटन संस्कृति धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रमार नीलकंठ तिवारी ने महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जुड़ने का अवसर प्रदान करते हैं उन्होंने पूर्व की सरकारों पर भारतीय संस्कृति और विरासत की उपेक्षा करने का आरोप लगाया श्री तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार अपनी सांस्कृतिक विरासत को संजोने संवारने का काम कर रही है गोरखपुर सदर सांसद रविकिशन ने अपने संबोधन में कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इस वर्ष गोरखपुर महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को विशेष स्थान दिया जा रहा है गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र सात स्वर्ण पदक के साथ सत्ताईस पदक लेकर तालिका में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश छह स्वर्ण पदक के साथ दूसरे और दिल्ली पांच स्वर्ण पदक के साथ तीसरे स्थान पर है हमारे संवाददाता ने बताया है कि पिछली बार के चैम्पियन महाराष्ट्र ने कल जिमनास्टिक में छः स्वर्ण और सात रजत पदक जीते